ट्रेनों में तोड़फोड़ और पथराव से मची अफरा तफरी राज्य में भीषण ठंड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त

और खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में बिहार का खाता खूला

राज्य विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आज ब्रलाया गया है इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और दस वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सदन के सदस्य इस विधेयक की पुष्टि के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे यह संविधान संशोधन विधेयक पिछले महीने संसद में पारित हुआ था लागू होने से पहले कम से कम देश की आधी राज्य विधानसभाओं द्वारा इस विधेयक की पुष्टि आवश्यक है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए पिछले सत्तर साल से चला आ रहा आरक्षण पच्चीस जनवरी तक प्रभावी है विधान परिषद की भी अलग से बैठक होगी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा समाप्त होने के बाद घर लौटने के दौरान प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों पर दो दर्जन से अधिक ट्रेनों पर पथराव और तोड़ फोड़ की इससे कई रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी मच गयी और यात्रियों में दहशत का माहौल रहा अभ्यर्थियों की अत्यधिक भीड़ के कारण ट्रेनों में जगह नहीं मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई परीक्षार्थियों ने खुसरूपुर से बख्तियारपुर के बीच राज्यरानी एक्सप्रेस के एसी कोच पर पथराव किया औरंगाबाद ड्मरांव बक्सर बेगूसराय मूजफ्फरपूर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर भी उपद्रव किया हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि हजारों परीक्षार्थियों ने रविवार की देर रात कटिहार स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस और नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन समेत आधा दर्जन ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ किया और उत्पात मचाया स्टेशनों पर उपद्रव के कारण कई रेल यात्री आरक्षित टिकट रहने के बावजूद ट्रेन में नहीं चढ़ पाए इस बीच शनिवार को हाजीपुर में सिपाही भर्ती की परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा किये गये बवाल मामले में आरपीएफ ने पांच हजार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जहां जहां हंगामा और पथराव की घटनाएं हुई हैं वहां प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों पर नकल और दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे तीस फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है गौरतलब है कि सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों पर बहाली के लिए कल राज्य के विभिन्न जिलों में पांच सौ पचास केन्द्रों पर पहले चरण की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें साढ़े छह लाख अभ्यर्थी शामिल हुये बीस जनवरी को दूसरे चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी देशभर के विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक भाग ले रहे हैं श्री मोदी इस दौरान परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए छात्रों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे मुजफ्फरपुर बालिका यौन उत्पीड़न कांड में कल फैसला आ सकता है दिल्ली की एक विशेष अदालत में सजा के मामले पर कल सुनवाई होगी इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत बीस अन्य आरोपियों को सजा सुनाई जानी है सीबीआई इन आरोपियों पर अलग अलग तेरह धाराओं में चार्ज शीट दाखिल कर चुकी है महाराष्ट्र के पालघर की कैमिकल फैक्ट्री में हुये ब्लास्ट से गिरे घर में दब कर बिहार के पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि दो बच्चियों समेत चार लोग घायल हो गये इसमें सारण जिले के तीन और भोजपुर जिले के दो लोग शामिल थे यह हादसा कैमिकल फैक्ट्री का ब्वायलर फटने से हुआ पटना हाई कोर्ट सहित प्रदेश के सभी अदालतों में आज से ई वेलफेयर स्टांप की बिक्री की जायेगी राज्य के महाधिवक्ता सह बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ललित किशोर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि ई वेलफेयर स्टांप के आ जाने से जाली स्टांप की बिक्री पर लगाम लगेगी सर्द पछ्आ हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्से कोल्ड डे की चपेट में है अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पटना के तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गयी वहीं राज्य के अन्य इलाकों में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है आज सुबह से राज्य के कई हिस्से घने कोहरे की चपेट में है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल ठंड का प्रकोप जारी रहेगा हालांकि दोपहर बाद धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी अगले दो से तीन दिनों में देश के पश्चिमी भाग में बारिश होने की आशंका है जिसका असर बिहार पर भी पड़ेगा इस बीच घने कोहरे के कारण रेल सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है पटना से दिल्ली जाने वाली अधिकांश ट्रेने घंटों विलंब से चल रही है वहीं विमान भी विलंब से उड़ान भर रहे हैं राजधानी पटना में ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पांचवीं तक की कक्षाओं को चौदह जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है वहीं छठी से ऊपर की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य दस बजे से शुरू होगा इधर बेगूसराय और खगड़िया में भी पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन पन्द्रह जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है असम के ग्रवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य की अंजनी कुमारी ने भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है जमुई जिले की रहने वाली अंजनी कुमारी ने बालिका अंडर ट्वेंटी वन कैटेगरी में चौवालीस दशमलव तीन दो मीटर की दूरी तक भाला फेंक बिहार के लिए पहला पदक जीत लिया राजकीय रेल प्रलिस ने छपरा रेलवे जंक्शन पर छपरा टाटा एक्सप्रेस ट्रेन से एक करोड़ मूल्य का लगभग पच्चीस किलो गांजा बरामद किया है रेल पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी वैशाली जिले के लालगंज स्थित मधुसूदन पकड़ी गांव की ठाकुरबाड़ी से चोरों ने अष्टधातु की छह मूर्तियां चोरी कर ली बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पीपीपी मोड में झारखंड के विभिन्न जिलों से पटना के लिए बीस बसें चलायेगा फरवरी महीने के अंत तक इन बसों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा मुजफ्फरपुर जिला पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से अपहृत चार्टर्ड अकाउंटेंट को मोतीपूर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस से सक्शल बरामद कर फिरौती की राशि के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है सिपाही अभ्यर्थियों का ट्रेनों पर फिर पथराव दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये शीर्षक दिया है सीएए से जग ने जाना पाक में अल्पसंख्यकों का दमन दैनिक भास्कर ने बिहार बोर्ड की लापरवाही संबंधी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सम्बद्धता खत्म होने के बावजूद पांच सौ संतानवे इंटर कॉलेजों में तीन सत्रों तक दाखिला अब दो लाख छात्र फंसे

और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र आज

ट्रेनों में तोड़फोड़ और पथराव से मची अफरा तफरी राज्य में भीषण ठंड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त

और खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में बिहार का खाता खुला